वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी

डीएम और एसपी को सत्यापन की दी गयी जिम्मेदारी

कृषि वैज्ञानिकों ने तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की फसल को नुकसान की जतायी आशंका ब्रलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वह देश के लिए अच्छा होता श्री मोदी अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि खाद्य सब्जी फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा

पब्तिकप्राइवेट और को ओपरेटिय सेक्टर के साथी भी हैं और देरा केरूलर इकोनॉनी को फंड करने वाले बैंकॉ के प्रतिनिधि भी हैं

श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों

हमें देशके एग्रीकल्वर सेक्टर का प्रोसेस फूड के वैरियक मार्किट में विस्तार करना हीहोगा हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज कलस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकिगांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके

गांव सेएग्रोबेस प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रेट प्रोडक्टगांव पहुंचे ऐसी स्थिति के तरफ हमें बढ़ना होगा प्रधानमंत्री ने गाँव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया ताकि गाँव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर पचास प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है

किसान रेल भी आज देरा के कोत्ड स्टोरेज नेटवर्क का सराक्त माध्यम बनी है ये किसान रेल छोटे किसान मछुआरॉको बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है बीते छ महीने में ही करीब घोने तीन सौ किसान रेल किसान चलाई जा चुकी है औरइनके जरिये करीब करीब एक लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियांट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं प्रदेश में अब तक छह लाख तैंतालीस हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें पांच लाख बासठ हजार दो सौ इकतीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि अस्सी हजार सात सौ चौहत्तर लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभुक में टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है निबंधन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गयी है इसके लिए वेबसाइट कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराया जा सकता है इसके अलावा कोविन टू प्वाइंट जीरो या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी निबंधन कराया जा सकता है लाभार्थियों को ऑनलाईन पंजीकरण के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड या अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज का प्रयोग करना होगा इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी केन्द्र का चुनाव कर सकते हैं एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख साठ हजार छह सौ पैंतालीस मरीज स्वस्थ हो च्रके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाईस नये मामले भी दर्ज किये गये इसमें सबसे अधिक पटना से नौ पॉजिटिव मामले हैं एक लंबी अवधि के बाद पटना जिले में दस से कम मामले सामने आये हैं अट्ठाईस जिलों से कल कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला दर्ज नहीं किया गया वहीं पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में एक जिले के सभी पंचायतों में एक ही दिन मतदान होगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि एक जिले में किसी भी स्थिति में मतदान के लिए दो अलग अलग तिथियों का निर्धारण नहीं किया जायेगा उन्होंने बताया कि तीन से चार प्रमंडल के जिलों में एक ही साथ चुनाव कराये जा सकते हैं बूथों की संख्या और ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्धारण होगा श्री राम ने बताया कि चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में तैयार किये गये मतदान कर्मियों के डेटाबेस का उपयोग किया जायेगा राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजन के लिए चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसके लिए आवश्यक जानकारियां अनुशंसित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में भरनी होगी यह प्रपत्र जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेजा जायेगा अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये प्रपत्र की जांच पुलिस या सीआईडी से करवायी जायेगी इसके बाद नियुक्ति प्राधिकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नियोजन होगा यदि कोई उम्मीदवार अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले की जानकारी छुपाता है तो इसे कदाचार माना जायेगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी मौसम विभाग ने अगले पन्द्रह दिनों तक प्रदेश भर के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले एक पखवारे तक पारा चौंतीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है केन्द्र निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि पछुआ हवा चलने और हवा में नमी की मात्रा कम होने से लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है इधर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गयी है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार देर से बुआई होने वाली फसल को नुकसान होने की आशंका है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के उस दावे को खारिज किया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा दसवीं के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया है एक ट्वीट में पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई ने कक्षा दसवीं के सामाजिक विज्ञान परीक्षा के सिलेबस में कमी किए जाने की घोषणा नहीं की है प्रदेश में आज से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में बारह इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन पटना से राजगीर तथा मूजफ्फरपूर और पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गो पर किया जायेगा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे परिवहन सचिव ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री सत्तर अन्य बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे ये बसें राजधानी पटना से विभिन्न जिला मुख्यालयों के बीच संचालित की जायेगी कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि विभाग में खाली पड़े सभी स्वीकृत पदों को भरा जायेगा विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और ये सभी नियुक्तियां नियमित होंगी उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी कृषि की पढ़ाई जल्द ही शुरू की जायेगी नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवादा जिले को कृषि क्षेत्र की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने यह जानकारी दी गया जिले के मस्तपुरा गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बस में आग लगा दी मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी स्थानीय लोगों की झड़प हुई मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत महम्मदपुर पंचायत की मुखिया के पोते की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत खोदातपुर गांव से पुलिस ने एक शराब फैक्ट्री का उद्भेदन कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना टीकाकरण से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है बुजुर्गों और बीमार लोगों को लगने लगी वैक्सीन पीएम व सीएम कई मंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ली वैक्सीन दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है प्रधानमंत्री ने कराया टीकाकरण सभी से आगे आने की अपील की हिन्दुस्तान लिखता है राज्य में संविदा पर नियोजन के लिए चरित्र सत्यापन अनिवार्य प्रभात खबर की सुर्खी है घरेलू गैस सिलेंडर पच्चीस रूपये और महंगा हुआ तीन महीने में दो सौ अठासी रूपये बढ़े दाम दैनिक आज ने लिखा है घर में शौचालय नहीं तो पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी राष्ट्रीय सहारा ने पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं के खुलने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी

डीएम और एसपी को सत्यापन की दी गयी जिम्मेदारी

कृषि वैज्ञानिकों ने तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की फसल को नुकसान की जतायी आशंका